रांची में अब तक के सबसे अधिक दो सौ इक्कतीस कोरोना संकमित मरीज मिले राज्य सरकार ने उद्योग विभाग में कंबल घोटाले की जांच एसीबी से कराने का दिया निर्देश राज्य सरकार ने वैसे दिव्यांग बच्चों को घर पर पढ़ाई की व्यवस्था कराने का आदेश दिया है जो स्कूल जाने में सक्षम नहीं है राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान छह सौ छियासी कोरोना संकमण के मामले आए हैं

इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर आठ हजार आठ सौ सतहत्तर हो गयी

राजधानी रांची में पिछले चौबीस घंटे के दौरान अब तक के सबसे अधिक दो सौ इक्कतीस कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इसके साथ ही रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक हजार छह सौ अस्सी हो गयी है कल रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक हजार पांच सौ छियासठ थी कोरोना संक्रमितों के मामले में पूर्वी सिंहभूम जिला दूसरे नंबर पर है यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या एक हजार पांच सौ सोलह है कल पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक हजार चार सौ चौवालीस थी

हजारीबाग जिले में कोरोना को मात देने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है

बोकारो जनरल अस्पताल से कल कोरोना संक्रमित एक वृद्ध सहित ग्यारह लोगों की जांच रिपोर्ट आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई

गिरिडीह जिले में कल कोरोना के बयासी मरीज मिले हैं जिले के सिविल सर्जन डॉ अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमित मरीजो की संख्या बढ़कर तीन सौ तीस हो गयी है

राज्य में कल से कोरोना मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से भी शुरू हो गया है रांची स्थित रिम्स में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्लाज्मा थेरेपी सेंटर का उदघाटन किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब राज्य में भी कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज इस थेरेपी से हो सकेगा श्री सोरेन ने कहा कि रिम्स के बाद अन्य मेडिकल कॉलेजों में इसकी शुरूआत होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सहभागिता से ही हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत सकते हैं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

कोल्ड ड्रिंक्स चिप्स बर्गर पिज्जा जैसे पदार्थो को बेचना और उसका प्रचार करना भी अपराध माना जायेगा फूड सेफ्टि स्टैडर्ड एक्ट के तहत इसके उल्लंघन पर जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है फूड सेफ्टि एण्ड स्टैडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने स्कूलों के लिए रेग्यूलेशन तैयार किया है इसके तहत अस्वच्छ खादय पदार्थ देने पर एक लाख रूपये जुर्माना खराब गुणवत्ता वाले खादय पदार्थ देने पर दो लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान है इस एक्ट के तहत खराब भोजन करने से तबियत खराब होने पर उम्रकैद की सजा भी हो सकती है साहिबगंज जिले में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है

राज्य में बहचर्चित अठारह करोड़ रूपये के कंबल घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी करेगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद एसीबी ने कार्रवाई शुरू कर दी है यह मामला झारकाफ्ट द्वारा पानीपत से कंबल खरीद में अनियमितता से जुड़ा है उद्योग विभाग ने इस संबंध में जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी राज्य के उन दिव्यांग बच्चों केलिए घर में ही शिक्षा की व्यवस्था करायी जायेगी जो स्कूल जाने में सक्षम नहीं है केन्द्र और राज्य सरकार के सहयोग से इसकी व्यवस्था की जायेगी केन्द्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने दिव्यांग बच्चों के विशेष योजना की दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं झारखंड शिक्षा परियोजना ने दिव्यांग और दृष्टिबाधित बच्चों को प्रदर्शन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है परियोजना के अधिकारी शैलेश चौरसिया ने बताया कि पहले से स्वीकृत योजनाओं को लागू किया जायेगा तीन दिसंबर को खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी और विभिन्न आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत उनकी विशेष पढ़ाई की व्यवस्था होगी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड में झामुमो कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने राज्य को अराजकता की ओर मोड़ दिया है राज्य के आठ जिलों में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आयोजित एक डिजिटल कार्यक्रम के जरिये प्रदेश के भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने उनसे गठबंधन सरकार को हटाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से काम करने का आह्वान किया उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि नक्सलवाद का खतरा जो लगभग खत्म हो गया था फिर से उभरने लगा है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैंको और गैर वित्तीय बैंक कंपनियों के हितधारकों के साथ भविष्य के दृष्टिकोण और रोडमैप पर होने वाली चर्चा में शामिल होंगे कार्यसुची में वित्तीय क्षेत्र के लिए ऋण उत्पादों और वितरण के प्रारूप प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय सशक्तिकरण और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता शामिल हैं बैंकिंग क्षेत्र वित्त पोषण के माध्यम से सुक्ष्मलघु तथा मध्यम उद्यम सहित बुनियादी ढांचे कृषिस्थानीय विनिर्माण को ऋण उपलब्ध कराकर देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय सशक्तिकरण में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है इस चर्चा में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे

इसके कारण आस पास के खेतों में लगे धान के बिचड़े और धान की रोपनी किये गए धान पूरी तरह बारिश में नदी में बह गए वही मुरह मेन रोड के पास की द्रकानों में भी बारिश का पानी चला गया साहिबगंज जिले के बरहेठ थाना प्रभारी हरीश पाठक को थाना परिसर में एक महिला से मारपीट और अभद्र व्यवहार करने के मामले में दोषी पाया गया है साहिबगंज पुलिस अधीक्षक ने इस मामले से संबंधित जांच रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को भेज दी है इस मामले में जांच का जिम्मा बरहरवा पुलिस उपाधीक्षक को सौपा गया था इस जांच रिपोर्ट के आधार के पर पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने थाना प्रभारी हरीश पाठक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश साहिबगंज पुलिस अधीक्षक को दिया है इस मामले में पुलिस महानिदेशक ने आरोपी थाना प्रभारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद त्वरित कार्रवाई की अनुशंसा की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विशेष कार्यपदाधिकारी रहे गोपालजी तिवारी की पत्नी बेटे और उनके कई रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच एसीबी करेगी मुख्यमंत्री की जांच के आदेश के बाद एसीबी ने कार्रवाई शुरू कर दी है गोपालजी तिवारी पर लगे आरोपों के बाद उन्हें उनके आग्रह पर सत्रह जुलाई को ही मुख्यमंत्री के ओएसडी पद से मुक्त कर दिया गया वे अभी पथ निर्माण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं बीमा नियामक प्राधिकरण इरडा ने नये वाहनों के लिए लांग टर्म इंश्योरेंस पैकेज की योजना को वापस लेने का फैसला किया है इसके तहत कार के लिए तीन और मोटर साइकिल के लिए पांच साल का इंश्योरेंस लेना अनिवार्य होता था अब उपभोक्ता एक साल के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं इससे गाड़ियों की ऑनरोड कीमत कुछ कम होगी अखबारों की सुर्खियां आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है आज राज्य में प्रकाशित लगभग सभी हिंदी अखबारों ने राज्य में कोरोना संकमण के बढते मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर और प्रभात खबर ने राज्य में पिछले चौबीस घंटे में आठ सौ से अधिक नये कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर को प्रमुखता से लिया है प्रभात खबर ने प्लाज्मा थेरेपी शुरू होने की खबर को शीर्षक दिया है झारखंड के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बनेगा प्लाज्मा बैंक सरकार देगी बढावा दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे गोपालजी तिवारी की पत्नी और बेटे की संपत्ति की जांच भी एसीबी से कराने की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है दैनिक हिंदुस्तान ने थाना परिसर में थाना प्रभारी द्वारा एक युवती की पिटाई से संबंधित खबर को प्रमुखता से लिया है शीर्षक में अखबार ने लिखा है बरहेट थानेदार जांच में दोषी आपराधिक मुकदमा चलेगा दैनिक जागरण ने सूबे में रिकार्ड कोरोना संक्रमित मिलने को पहले पन्ने पर स्थान दिया है साथ ही रफाल विमान के आज अंबाला एयरबेस पहुंचने की खबर को शीर्षक दिया है सैनिक स्कूल तिलैया के रोहित लेकर आ रहे राफेल रांची एक्सप्रेस ने रांची के रिम्स में प्लाज्मा बैंकिंग प्रणाली का षुभारंभ को मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा हैं प्लाज्मा दान सामाजिक सद्भाव का परिचायक है वहीं द टाईम्स ऑफ इंडिया ने रांची में प्लाज्मा सेंटर की शुरूआत की खबर को प्रमुखता से लिया साथ ही लिखा है कि राज्य में कोरोना संकमितों की संख्या जल्द ही दस हजार की संख्या को पार कर जायेगी